प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीबों उपेक्षितों और समाज के वंचित वर्गो को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकें आज मनाए जा रहे पहले विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश और देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा का बहुत अधिक महत्व है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन न लोगों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य वर्धक और संतुलित भोजन लने की आदत डालें

उन्होंने खाद्य पदार्थों की बबादी रोकने की जरूरत पर बल दिया आगरा में इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए इस दौरान एफएसडीए अधिकारी श्वेता सैनी ने बताया कि लोगों को खान पान के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है इससे स्वस्थ्य समाज के निमाण में मदद मिलेगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य लोगों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है

ऐसी स्थिति में खाद्य सूरक्षा चिंता का विषय है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मालदीव और श्रीलंका के दो दिवसीय दौरे के लिये रवाना होंगे दोबारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह श्री मोदी की पहली विदेश यात्रा होगी नई दिल्ली में विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान के जरिए द्विपक्षीय संबंधों में आयी नयी तेजो को प्रदर्शित करती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा तीन प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है पहला पड़ोसी देशों के साथ उच्च स्तरीय संबंध बरकरार रखना दूसरा मालदीव को विकास में भागीदार के रूप में उसकी आर्थिक विकास की गति में वृद्धि के लिए सहायता उपलब्ध कराना और तीसरा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करना है प्रधानमंत्री रविवार को श्रीलंका जायेंगे श्रीलंका में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद कोलम्बो की यात्रा करने वाले श्री मोदी पहले अतराष्ट्रीय नेता होंगे केन्द्र सरकार ने कैबिनेट समितियों में संशोधन किया है और अधिकतर समितियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल किए गये हैं बुधवार को सरकार ने नियुक्ति आवास आर्थिक मामले संसदीय कार्य राजनीतिक मामले सुरक्षा निवेश और वृद्धि तथा रोजगार और कौशल विकास से संबंधित आठ कैबिनेट समितियों का पुर्नगठन किया था कैबिनट सचिवालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री राजनाथ सिंह का नाम चार और समितियों में शामिल किया गया है ये समितियां संसदीय कार्य राजनीतिक मामलों निवेश और वृद्धि तथा रोजगार और कौशल विकास से संबंधित हैं इससे पहले राजनाथ सिंह केवल दो समितियों आर्थिक मामलों और सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में शामिल किये गये थें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अब छह कैबिनेट समितियों के सदस्य और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं संशोधित सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह समितियों की अध्यक्षता करेंगे जबकि गृहमंत्री अमित शाह आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष होंगे और शेष सभी सात समितियों के सदस्य होंगे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कैबिनेट की नियुक्ति समिति में शामिल होंगे जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई निदेशक जैसे प्रमुख पदों के लिए नियुक्तियां करती हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से कहा है कि वे देश में सभी शिक्षण संस्थाओं में रिक्त स्थानों को भरने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें कल नई दिल्ली में मंत्रालय की समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण पर भी जोर दिया संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने सबसे कम विकसित अलग थलग स्थित और छोटे द्वीप देशों के लाभ की परियोजनाएं चलाकर सभी के लिए समृद्धि के प्रयासों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष की सराहना की है एक संदेश में उन्होंने कहा कि गरीब देशों के बीच सहयोग में भारत का योगदान महत्वपूर्ण है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

मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक कल्याण के लिये समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का मान बढ़ा है श्री योगी आज अयोध्या स्थित तुलसी उपवन में भगवान श्रीराम की सात फीट ऊँची काष्ठ प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान सरकार के विकास अभियान के साथ साथ भारतीय परम्पराओं और विरासत के बारे में वैश्विक स्तर पर लोगों क मन में एक नया आदर भाव पैदा हूआ है

यह विकास का अभियान हरेक क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच पर मिल रही पहचान भारत की परम्पराओं और भारत की पुरानी विरासत के बारे में दुनिया के मन में जो एक नया आदर का भाव पैदा हुआ है यह एक नई स्थिति है हम सबके लिये

आगे योग की यह परम्परा दुनिया के अन्दर यह भारत की देन है

प्रदेश में कल शाम राज्य के पश्चिमी हिस्से में ओलावृष्टि और तेज आंधी की वजह से उन्नीस लोगों की मौत हो गई और अड़तालीस लोग घायल हुए हैं मैनपुरी जिले में सबसे अधिक छह लोगों की मौत हुई ह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान से सप्रभावित एटा कासगंज मैनपुरी बदायूं मुरादाबाद और फर्रूखाबाद जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि व इन ज़िलों का दौरा कर राहत कामों का जायजा ले उन्होंन इन जनपदों के ज़िलाधिकारियों को स्वयं प्रभावित इलाकों में पहुंच कर राहत सामग्री वितरित करने का निर्देश भी दिया है आंधी तूफान का प्रभाव लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में भी देखा गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से ओलावृष्टि और तूफान ने एटा मैनपुरी कासगंज बदायूं मुरादाबाद पीलीभीत फर्रुखाबाद और आसपास के जनपदों में बीती रात भारी नुकसान किया इसका असर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के नजदीकी परिजनों को चार चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है